मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच आर श्रीनिवास ने बताया कि लोग उत्साह के साथ निर्भीक होकर मतदान कर रहे हैं उन्होंने पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार अधिक मतदान होने की आशा व्यक्त की

मध्य प्रदेश उपचुनाव में मतदान के कुछ दिन शेष रह गए हैं वहीं चुनाव आयोग भी निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ अधिकतम मतदान सुनिश्चित कराने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने हजीरा में भाजपा प्रत्याशी प्रद्यमन सिंह तोमर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर ग्वालियर पूर्व और डबरा में प्रत्याशियों द्वारा सधन जनसंपर्क अभियान के साथ नुक्कड़ सभाओं का दौर भी जारी है उधर मुरैना की पांच विधानसभा क्षेत्रों में स्टार प्रचारकों के सघन दौरे जारी है पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सभाओं को संबोधित किया वहीं कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट और आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मोर्चा संभाला चुनाव स्वीप तैयारी प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है इंदौर जिले के सांवेर में ग्रामीण महिलाएं रंगोली और मेंहदी बनाकर मतदान का संदेश दे रहीं है स्वीप अभियान के तहत उपच्चनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में च्चनाव पाठशाला मतदाता शपथ जागरुकता होर्डिंग लगाना रैली निकालना और बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं का सम्मान जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं कला पथक के दल गीत संगीत के माध्यम से मतदाताओं को मतदान की महत्ता समझा रहे हैं

ग्वालियर कलेक्टर ने एक पत्र के जरिए मतदाताओं से तीन नवंबर को मतदान की अपील की है खंडवा जिले की मांधाता सीट पर भी विभिन्न गतिविधियों के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है सतर्कता सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी जिम्मेदार जवाबदेह और विकास के लिए लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए सतर्कता और भ्रष्टाचार की रोकथाम पर कल से शुरू हुए तीन दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें भ्रष्टाचार के विरूद्व व्यवस्थित जांच प्रभावी लेखा परीक्षा क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण जैसे उपायों को अपनाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त रूप से संघर्ष छेड़ना होगा उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से लडना केवल एक एजेंसी का काम नहीं है बल्कि यह सामूहिक जिम्मेदारी है कोरोना प्रदेश प्रदेश में स्वस्थ्य होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है

प्रतिदिन सामने आने वाले मरीजों की संख्या घटकर एक हजार से कम हो गई है